मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किये गये ब्रजेश ठाक्र के सहयोगी मधु और चिकित्सक अश्विनी को सीबीआई ने पांच दिनों की रिमांड पर लिया है रिमांड अवधि के दौरान दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जायेगी इधर गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया गौरतलब है कि कल मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की करीबी मधु ने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था वहीं पुलिस ने बालिका गृह की बच्चियों को कथित तौर पर नशे का इंजेक्शन देने वाले झोला छाप डॉक्टर अश्विनी को फतेहपुर गांव से गिरफ्तार किया था इससे पहले सीबीआई ने मधु और अश्विनी से कल भी कई घंटे तक प्रछताछ की थी इस दौरान जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जल्द ही राज्य में नौ सौ तीन पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी श्री मोदी ने आज पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पशु पोषण पर कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने को लेकर सरकार कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है और शीघ्र ही चयनित पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में मछली आहार की फैक्टरी के लिये एक करोड़ रूपये तक निवेश करने वालों को पचास लाख और दस लाख रूपये तक का निवेश करने वालों को पांच लाख रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के पचासवें संस्करण में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे श्री मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं मन की बात के पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छ भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग देने का आग्रह किया था

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अमियान के शुरू होने के बाद लोगों से सहयोग से ग्रामीण और शहरी इलाकों में बदलाव देखा जा सकता है

स्वच्छता की दिशा में देशमर में व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहा है ग्रामीण एवं शाहरी क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी से भी परिवर्तन नजर आने लगा है स्वच्छता सिर्फ सरकार करे ऐसा नहीं है हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहत बड़ी जिम्मेवारी है आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि मन की बात में स्वच्छता पर लगातार जोर दिया गया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश से एक बदलाव आया है जिससे स्वच्छता का दायरा बढ़ा है

कमी उन्होंने हमारे जो स्वच्छताग्रहिया हैं उनके एक्स्ट्राऑडिनेरी वर्क को एप्रीसेट किया कमी लोगों से फीडबैक लिया

प्रधानमंत्री ने समय समय पर स्वच्छता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दोहराया है दीपेन्द्र से साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश को बताए कि उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों को लेकर सही ढंग से जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्नीस सौ पचासी में गठित रंगनाथ मिश्रा आयोग ने उन्नीस सौ चौरासी के दंगे को पुलिस के क्प्रबंधन का परिणाम बताया था श्री प्रसाद ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि तब उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर समुदाय विशेष के दर्द को और गंभीर बना दिया था केन्द्रीय मंत्री ने दिल्ली की एक अदालत के फैसले की प्रशंसा की जिसके जरिए अपराधी जसपाल सिंह को मृत्युदंड दिया गया है यह उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों में मौत की सजा का पहला मामला है आरा में डॉक्टरों की कथित पिटाई के विरोध में आज प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा ठप्प कर दी भोजप्र में सदर अस्पताल और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हड़ताल के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा वहीं शेखपुरा और खगड़िया सदर अस्पताल में भी हड़ताल के कारण मरीजों का इलाज बाधित रहा इधर मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल से इमरजेंसी सेवा प्रभावित रही गौरतलब है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने आरा में जिलाधिकारी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा डॉक्टरों के साथ कथित पिटाई के विरोध में आज राज्यव्यापी हड़ताल की इधर भोजपुर के जिलाधिकारी ने डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है वहीं चिकित्सकों के संघ ने जिलाधिकारी के तबादले की मांग को लेकर राज्य सरकार को चेतावनी दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोसी क्षेत्र के दौरे के दौरान आज सुपौल जिले के लोहिया नगर चौक के करीब राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया सहरसा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिये सुपौल से मुख्यमंत्री का काफिला निकला था तभी कोसी क्षेत्र में एम्स की स्थापना की मांग को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया इस दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गयी उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई लोग घायल हो गये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मूंगेर जिले के संग्रामपूर में टीकाकरण से कथित तौर पर एक बच्चे की मौत और पांच अन्य के बीमार होने के मामले की जांच के आदेश दिये हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहेब का जन्मदिन ईद ए मिलाद आज पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर पैगम्बर मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए सीरत मजलिसों का आयोजन किया गया है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में हजरत मोहम्मद साहब के यौम ए पैदाइश के मौके पर मोहम्मदी जुलूस निकाले जा रहे हैं राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं श्री टंडन ने अपने संदेश में कहा कि पैगम्बर साहब से सत्य नैतिकता त्याग और प्रेम की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब का संदेश प्रेम सहिष्णुता शांति और विश्व बंध्रत्व की प्रेरणा देता है एक महीने तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का सोनपुर पशु मेला आज से शुरू हो गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मेले का उद्घाटन किया देश के विभिन्न हिस्सों से आये व्यवसायी पालतू पशु लेकर मेला स्थल पर पहुंचे हैं वहीं बड़ी संख्या में कृषि संबंधी उपकरणों और जरूरत के अन्य सामानों के स्टॉल लगाये गये हैं मेले के दौरान भव्य कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा मेले के दौरान उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के निर्वाण दिवस के अवसर पर आज दरभंगा समस्तीपूर मध्रबनी और पटना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं समस्तीपुर के विद्यापति धाम में आज से तीन दिवसीय राजकीय महोत्सव शुरू हुआ राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया जायेगा उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री को सम्मान प्रदान करेंगे प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने छह सौ पचासी कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस के पास पुलिस ने एक कंटेनर से चार सौ पचास कार्टन विदेशी शराब जब्त की इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहीं जमुई जिले के चकाई थाना और सोनो थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने दो सौ पैंतीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है